मास्क पहनें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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज साल भर चलने वाले समारोहों का कोलकाता में उद्घाटन करेंगे

वर्षभर के आयोजनों के लिए केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कई गतिविधियों की योजना बनाई है शिक्षा मंत्रालय ने देश के पांच विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने ऑनलाइन व्याख्याान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्मं विकास निगम नेताजी के स्वप्न को साकार करने संबंधी एक लघ् फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा द्रदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्स प्रेस कर दिया है महान स्वेतंत्रता सेनानी बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई नेताजी ने ही लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने के लिए तूम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था

श्री मोदी राष्ट्रीय पुष्तकालय में कलाकार दीर्घा का अवलोकन करेंगे और उसके बाद अंतराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि नेताजी के विचार और आदर्श लोगों को मजबूत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरे भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेंगे बच्ची मुक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस पदाधिकारियों से मानव तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कल मुख्यमंत्री की पहल पर छह साल की एक बच्ची खुशबू कंडूलना को मानव तस्कर के चंगुल से छुड़ाया गया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी सूचना दी गई मुख्यमंत्री ने डीजीपी को तत्काल मामले का निष्पादन करने को कहा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद कर लिया और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया मुख्यमंत्री ने पुलिस को ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है पंचायतों में और ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख रखाव अनुबंध सेवा अनुबंध करने पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दे दिया है

करीब एक हजार छह सौ संविदाकर्मी आंदोलनरत हैं और अपने सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं

शहर के जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में रांची के बड़ा तालाब में किसी अस्पताल का मेडिकल वेस्ट ना जाए कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के सीईओ और उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम र्स मौजूद थे अदालत ने जिला प्रशासन से सभी डैम की वाटर कैपेसिटी से संबंधित जानकारी मांगी है इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि रांची में कितने जलाशय हैं और उनके आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं

एनफ्लूएंजा देश में अब तक नौ राज्यों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है इसमें केरल हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उत्तराखंड गुजरात उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं

उत्तराखंड के अल्मोडा और गूजरात के सोमनाथ जिले के पोल्ट्री फार्म के नमूनों में बर्ड फ्लू की पूष्टि हई है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के टिहरी रेंज के कालिजी तीतर और कौओं में भी एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं

मृतकों में रांची और पलामू जिले से एक एक मरीज शामिल है

इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब एक लाख अठारह हजार एक सौ चौवन हो गई है

स्वास्थ्य सचिव के पद पर पदस्थापित नितिन मदन कुलकर्णी को हटाकर उनकी जगह केके सोन को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है वहीं नितिन मदन कुलकर्णी को दक्षिणी छोटानागपुर का आयुक्त बनाया गया हैं जबकि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के महानिदेशक के पद पर पदस्थापित एल खियांग्ते को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने शुक्रवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है स्कूल अवका ा सरकारी उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा ये स्कूल रविवार को खुले रहेंगे प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की अवकाश तालिका में उर्दू स्कूलों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित था प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने कल जारी शुद्धि पत्र में फिर से साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार कर दिया है

इस दौरान दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने की हिदायत दी जा रही है विस्तृत ब्यौरा दे रहे है

बैठक के दौरान ई ऑफिस से सम्बंधित चुनौतियों व समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई डीसी ने निर्देश दिया कि ई ऑफिस के माध्यम से ही डाक का आगमन और निर्गमन करना सुनिश्चित करें साथ ही पाांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी आधार पंजीकरण का कार्य शत प्रतिशत किया जाए

आरपीएफ के एएसआई रविशंकर ने बताया कि सभी पांच आरोपियों को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है

राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने आर्ज किसान और सरकार के बीच हुई ग्यारहवें दौर की वार्ता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

जिद ने बंद किए वार्ता के दरवाजे शीर्षक से दैनिक जागरण ने सरकार और किसानों के बीच हई वार्ता की खबर को प्रकाशित किया है हिंदुस्तान ने रांची में संविदाकर्मियों पर लाठीचार्ज में कई जख्मी शीर्षक से अपनी पहली सुर्खी बनाई है दैनिक भास्कर ने कोल इंडिया में विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा पर नौकरी देने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है रांची एक्सप्रेस ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बढी द्री शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है रांची से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाईम्स ने किसान संगठन और सरकार के बीच हुई बातचीत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है